मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

उधर देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम इस सप्ताह से शुरू होने की संभावना है टीकाकरण की यह सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्य होगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है

कल किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण से कोई मृत्यु नहीं हुई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से अपील की है कि कोविड प्रोटोकोल का पहले के तरह पालन करें अन्यथा सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

इसके लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर लो गई है शीर्ष न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल जयपुर में डेनमार्क के राजदूत फ्रेड्डी स्वाने ने मुलाकात कर इस संबंध में चर्चा की श्री स्वाने ने कहा कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेयरी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान को उपलब्ध कराने की दिशा में पूरा सहयोग दिया जाएगा जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में भी डेनमार्क के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में राजस्थान तथा डेनमार्क के बीच सहयोग की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कल जयपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जेसीटीएसएल के ओएसडी वीरेन्द्र वर्मा को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है इस मामले में दिल्ली की एक बस कंपनी के मालिक उसके रिश्तेदार और जेसीटीएसएल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपी ने यह रिश्वत दिल्ली की बस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट शर्तों में छूट देने की एवज में ली थी अहमदाबाद में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को पारी और पच्चीस रन से हराकर श्रृंखला तीन एक से जीत ली है इस जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चौम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है भारतीय टीम आइसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भी न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गयी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर भारतीय टीम को बघाई दी है